कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा में तैनात वीर सैनिकों को याद रखते हुए लोगों से इनके सम्मान में अपने घर में एक दीया जलाने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में दैनिक जीवन में सहायता करने वाले व्यक्तियों के महत्व को समझते हुए उन्हें त्यौहारों के इस दौर में भी अपनी खुशियों में शामिल करने का लोगों से आग्रह किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और आज से सचिवालय में काम काज करेंगे वे आज सुबह साढ़े गयारह बजे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री बैठक में कोरोना महामारी के बचाव व सुविधाओं पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे उल्लेखनीय है कि अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के दौरान कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री क्वारंटीन हो गए थे बाद में उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी स्वच्छता कैफे राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को एकल उपयोग प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त करने के उददेश्य से स्वच्छता कैफे अभियान शुरू किया है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि ग्राम हाट योजना के तहत ये स्वच्छता कैफे बनाए जाएंगे जहां महिलाओं को औषधीय पौधों सहित आचार मुरब्बा दालें मसाले व सब्जियां उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा दी जाएगी उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षो में स्वंय सहायता समूहों की पांच हजार महिलाओं को सत्कार क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है सोलन जिले के नालागढ़ की रडियाली पंचायत और कुल्लू जिला के नग्गर में ऐसे स्वच्छता कैफे खोले गए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है आठ देवी देवता दो सौ देवलुओं के साथ निकली रघुनाथ की रथयात्रा पंजाब केसरी का शीर्षक है भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू दैनिक जागरण के शब्द हैं कुल्लू के सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज़ दिव्य हिमाचल ने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का फीका आगाज़ भगवान रघुनाथ का रथ खींचने को मुट्ठी भर लोग ही रहे मौजूद दैनिक भास्कर के मुताबिक भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज़ देवी हिडिंबा बोली देवताओं से बड़ी सरकार हो गई रुष्ठ दिखा देवता धूंबल अजीत समाचार ने लिखा है रघुनाथ जी की रथ यात्रा से शुरू हुआ कुल्लू का दशहरा प्रदेश में कलस्टर स्कूल बनाने को सौ स्कूल हुए फाइनल शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है स्कूल कैंपस में बनेंगे जिम और स्मार्ट क्लास रूम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है कोरोना ने अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया